ईटानगर में आज संवाददाताओ को संबोधित करते हुए प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष दोमिनिक तादर ने कहा कि केद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बहस के दौरान स्पष्ट किया था कि सरकार पूर्वोत्तर राज्यों को मिले विशेष अधिकार के सर्वैधानिक प्रावधानो के साथ कोई छेड़छाड़ नही करेगी श्री तादर ने कहा कि राष्ट्रीय एकता जम्मू कश्मीर से आतंकवाद के खात्में और विकास के लिए केंद्र सरकार ने यह कदम उठाया है

यह एक वेव आधारित आपूर्ति प्रणाली है जिसमें कम मूल्य में दवाओ और चिकित्सा उपकरणो की खरीद की जायेगी स्वास्थ्य जरुरतो को ध्यान में रखकर सभी दवाओ और आवश्यक उपकरणो की खरीद की जायेगी

उन्होंने कहा है कि जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखकर स्वच्छता को बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करायेगी श्री पोतोम ने कहा कि जिला जिला प्रशासन के चेतावनी के बावजूद राष्ट्रीय राजमार्ग और बाजारो में पशुओ का घूमना चिंता का विषय है उन्होंने कहा कि इससे निपटने के लिए पश् मालिको के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी

केंद्र ने उच्च शिक्षा प्रणाली में बदलाव के लिए नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया है इसका उद्देश्य स्कूली शिक्षा उच्च शिक्षा और शिक्षको के प्रशिक्षण में सुधार के अलावा राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की स्थापना भी करना है अंतराष्ट्रीय स्तर के शिक्षा संस्थानो के निर्माण के लिए भी बजट में चार सौ करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है सभी स्तरो पर खेलो को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड का गठन किया जाएगा

कार्यक्रम का आयोजन सूचना और प्सारण मंत्रालय ने किया इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी मौजूद थे श्री जावड़ेकर ने कहा कि श्री नायडू राज्य सभा के सभापति के तौर पर संसद के उच्च सदन की कार्यवाही का कुशलतापूर्वक प्रबंधन कर रहे है उन्होंने यह भी कहा कि सभी दलों के सदस्य श्री नायडू का सम्मान करते है इस अवसर पर गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि उप राष्ट्रपति हमेशा राष्ट्र की भावनाओ के साथ रहे है उन्होंने कहा कि श्री नायडू का देश की नब्ज पहचानते है और यही सार्वजनिक जीवन में उनकी सफलता का राज है पुस्तक में पिछले दो वर्षो के दौरान देश भर में तीन सौ तीस सार्वजनिक आयोजनो में श्री नायड्र की भागीदारी की झलकिया प्रस्तुत की गयी है इसमें राज्यसभा के सभापति के रुप में उच्च सदन के प्रभाव और कार्यकुशलता को बढ़ाने में श्री नायडू के प्रयासो को भी उजागर किया गया है

उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी मुद्दे को समाधान के बिना छोड़ना नही चाहती श्री रिजिजू ने यह भी कहा कि सभी मतभेदो को सौहार्द से हल किया जाएगा क्योंकि हम खेल और खिलाड़ियों के हित के लिए एक साफ सुथरी और पारदर्शी प्रणाली में विश्वास करते है यह मामला मंत्रालय में लगभग एक दशक से लंबित था और अब राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के दायरे में आने संबंधी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के इस निर्णय का असर भविष्य में दूरगामी होगा

वे चीन के शीर्ष नेताओ के साथ कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे

इसमें प्रदर्शन के आधार पर नेरिस्ट के अर्कटिक सिंह हाओबम को पुरुष वर्ग में और सांगे लाहदेन स्पोर्ट्स अकादमी की नीलम डिली को महिला वर्ग में पहला रैंक हासिल हुआ है इस प्रतियोगिता में द्ररदर्शन केंद्र ईटानगर सहित राज्य के विभिन्न जिलों के छियानवें खिलाड़ियो ने हिस्सा लिया समापन समारोह में राज्य के खेल निदेशक तादर अपा और सांगे लाह्देन स्पोर्टस अकादमी के प्रिंसिपल के जिर्दो ने विजेता खिलाड़ियो को सम्मानित किया

आज का अधिकतम तापमान सैंतीस दशमलव पाच डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान छब्बीस डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया